बैठक की आध्यक्षता करते हुए जिला उपायुक्त डॉ जोरम बेडा ने अभियान को जिले में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने पर ज़ोर दिया राज्य सरकार के व्यापक प्रचार के लिए यह मुहिम चलाया जा रहा हें दो महीने तक चलने वाली इस मुहिम को जन संपर्क यात्रा मुख्यमंत्री युवा आउटरिच कार्यक्रम तथा शहरी आबादी और सिविल सोसायटी के साथ आउटरिच कार्यक्रम के जरिये इस अभियान को कार्यान्वित किया जाएगा

कार्यक्रम में शरीक होते हए जिला उपायुक्त दनिश अशरफ ने कहा कि समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पहले विक्रेताओ को आगे बढ़ाना होगा श्री अशरफ ने विक्रेताओ के पहचान के लिए उचित आई कार्ड जारी करने पर बल दिया उन्होने विक्रेताओ से भी अपने कार्य में मानको को बनाए रखने को कहा ताकि उनके व्यवसाय और आगे बढ़े

पाच दिन तक चले इस दौरे का कार्यक्रम बुधवार को सम्पन्न हुआ

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र में विश्वास करती है

इन जिलों की उन्नति के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के महान विचार उनका संघर्ष और सोच आने वाली पीढ़ियों की हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी

इनके अंतर्गत निजी क्षेत्र के भागीदार मानव संसाधनों को अपग्रेड करने उन्हें विकसित करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए निवेश करेंगे ये भागीदार कार्यक्रम के प्रबंधन और लोगों त क सेवाएं पहुंचाने का जिम्मा निभाएंगे राज्य सरकारें इ स उद्देश्य के लिए ज ग ह उपलब्ध कराएंगी ये सुझाव भी दिया गया है कि गैर संचारी रोगों की चिकित्सा सुविधा राज्य और केन्द्र सरकार मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जा सकता है

विश्व आर्थिक मंच ने कहा कि भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले पांच स्थान की वृद्धि हई है

रिपोर्ट के अनुसार उच्च और निम्नमध्य आय वर्ग श्रेणी की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत उच्चतर आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाओं के समकक्ष या बेहतर प्रदर्शन कर रहा है वह क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल के अलावा प्रतिस्पर्धा के अन्य सभी क्षेत्रों में आगे है

सिंगाप्र और जर्मनी उसके बाद हैं सूची में अट्ठाईसवें स्थान पर चीन ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर है

राष्ट्रपति भवन की जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राष्ट्रपति ने केन्द्रीय मंत्री परिषद से श्री एमजे अकबर का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है श्री अकबर ने अपने ऊपर लगाये जा रहे यौन प्रताइना के आरोपों के मद्देनजर कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ट्वीटर हैंडल पर दर्ज अपने बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अदालत से न्याय मांगने का फैसला किया है इसलिये वे अपना पद छोड़ना उचित मानते हैं और अपने ऊपर लगे सभी झूठे आरोपों को च्नौती देंगे श्री अकबर ने इस संबंध में पहले ही मानहानि का आपराधिक मामला दायर कर दिया है उन्होंने देश की सेवा करने का अवसर देने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री स्षमा स्वराज के प्रति आभार व्यक्त किया

श्री मोदी ने क ल ए क ट्वीट संदेश में डेनमार्क क्यूबा जर्मनी ग्रीस और फिनलैंड के गायक कलाकारों के गाये इ स भ ज न का वीडियो साझा किया